हरियाणा की मुख्य सचिव श्रीमती केशनी आनंद अरोड़ा ने सभी मंडल आय्क्तों और मंडल उपाय्क्तों को तालाबंदी की दौरान घर घर पर ही आवश्यक वस्त्ओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने के आदेश दिये

हरियाणा कारागार विभाग ने कोरोना वायरस के खतरे के मददेनज़र कैदियों के पास आगंत्रकों के आने पर लगाये गये प्रतिबंध की सीमा बढ़ाई कैदियों को पैरोल पर छोड़ा जायेगा केन्द्र सरकार ने कहा है कि आवश्यक वस्त्ओं की कोई कमी नहीं है और ये उपलब्ध रहेंगी नई दिल्ली में मंत्रिमंडल के फैसलों बारे पत्रकारों से बातचीत करते हुये केन्द्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के तालाबंदी के फैसले का सबने स्वागत किया है उन्होंने कहा कि सामाजिक दूरी और घर पर रहना कोरोना वायरस का मुकाबला करने की सबसे अच्छी रणनीति है

मंत्री ने कहा कि ठेके पर काम करने वाले कर्मचारियों को डयूटी पर समझा जायेगा और उन्हें पूरा वेतन मिलेगा

हरियाणा की म्ख्य सचिव श्रीमती केशनी आनंद अरोडा ज्ञे सभी मंडल आयुक्तों और जिला उपायुक्तों को तालाबंदी के दौरान लोगों को घर पर ही आवश्यक वसतुओं की आपूर्ति सुनिश्सित करने के निर्देश दिये है

उन्होंने कहा कि पुलिस कर्मी सामाजिक दूरी बनाये रखते ह्ये आवश्यक वस्त्ओं की खरीद करने जा रहे लोगों को न रोके जब तक उनके घरों तक आपूर्ति की व्यवसथा नहीं हो जाती मुख्य सचिव ने लोगों से भी बिना जरूरत घरों से बाहर न निकलने की अपील करते हये कहा कि प्रशासन दैनिक जरूरत की चीज़ें उनके घर तक पहुंचाने की व्यवस्था कर रहा है इसके लिए मंडल आयुक्तों और जिला उपायुक्तों को अपने अपने जिलो मे क्षेत्र या वार्ड अनुसार सब्जी दूध और परचून विक्रता के नाम और फोन नंबर की सूची वेबसाइट पर अपलोड करने और मीडिया के माध्य से लोगों तक पहचाने को कहा गया है मुख्य सचिव ने जिला अधिकारियों को व्यापारियों के सम्पर्क में रहने और आवश्यक वस्त्ओं की स्टाक की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा है आवश्यक वस्तुओं की आवाजाही में लेग वाहनों पर इस सम्बधी स्टिकर लगाने को भी कहा गया है ताकि पुलिस नाकों पर इन वाहनों की पहचान हो सके और आपूर्ति निर्विघ्न जारी रहे उन्होंने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत डिपो ख्ले रखने और थोक विक्रता को सामान की आप्र्ति करने वाली निर्माण इकाइयों व कारखानों को ख्ला रखने की अन्मति देने के निर्देश भी दिये है

म्ख्यसचिव ने हाइड्रो क्लोरो क्विन को डॉक्टर की पर्ची के बिना देने पर पांबदी लगाने को भी कहा है इसके अलावा जानवरों एवं पक्षियों के लिए दाने व चारे की आपूर्ति बनाये रखने के निर्देश दिये है और स्पष्ट किया है कि यह भी महत्वर्णू और आवश्यक वस्तुओं की सूची में आता है

उन्होंने बताया कि फिर भी उन्हें घर पर ही आइसोलेशन में रखा गया है

उन्होंने कहा कि मरीज़ की हालत स्थिर है प्रशासन ने लोगों को सलाह दी है कि वे सोशल मीडिया पर बिना तसदीक किये जानकारी न डाले

हरियाणा कारागर महानिदेशक के सेलवारज ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा कल दिये गये निर्देशों को ध्यान में रखते हए प्रतिबंध का आगामी आदेशों तक पालन करने को कहा है उन्होंने बताया कि कैदियो को द्रभाष दवारा बात करने की स्विधा दी जा रही है उन्होंने कैदियों के परिवारजनों से भी अपने घर पर रहने की अपील है कि और भरोसा दिलाया कि जेल में उनके परिजनों का ख्याल जेल प्रशासन व कर्मचारियों दवारा रखा जा रहा है

उन्होंने बताया कि अभी तक तो कोरोना वायरस संक्रमण का जेल में कोई मामला नहीं आया है जेल के सारे क्षेत्र में स्वच्छता का पूरा प्रबंध किया गया है फोन व कैंटीन की सुविधा के लिए सभी कैदियों को बैच में उचित दूरी बनाकर ही भेजा जा रहा है महानिदेशक कारागार ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय के दो दिन पहले आए दिशानिर्देशों के अन्सार एक उच्च स्तरीय समिति बनाई गई है

चरखी दादरी जिला के गांव मेहड़ा के समीप नहर ट्रटने से आसपास की सैंकड़ों एकड़ फसल पानी में डूब गई जिसके कारण किसानों को लाखों रुपए का न्कसान हआ है वहीं किसानों ने सिंचाई विभाग पर नहर निर्माण पूरा होने से पूर्व पानी छोडऩे का आरोप लगाया है और सरकार व प्रशासन से विशेष गिरदावरी करवाकर उचित मुआवजे की मांग की है